बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं

बाढ़ से अब तक संतानवे लोगों की मौत

पूजा पंडालों में श्रद्वालुओं की उमड़ी भीड़ पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू और चिकुनगुनिया के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है बाढ़ से प्रभावित और जल जमाव वाले क्षेत्रों से इन बीमारियों के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं पटना के साथ साथ सीवान गया सारण पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण भागलपुर कटिहार नवादा और नालंदा जिलों में सबसे अधिक प्रकोप देखा जा रहा है पटना के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के एक हजार से अधिक मरीज इलाज करा रहे हैं पीएमसीएच अस्पताल में हर दिन लगभग सौ मरीजों का इलाज किया जा रहा है अन्य जिलों में भी सैंकड़ों मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है पटना में इसके लिए चौबीस टीमें काम कर रही हैं उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है साथ ही ब्लड बैंकों को प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं इधर स्वास्थ्य विभाग ने पटना में डेंगू के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुये पीएमसीएच और एनएमसीएच परिसर में दस से बारह अक्तूबर तक तीन दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया है पटना एम्स के भी चिकित्सक विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं इस शिविर में डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीजों की मुफ्त जांच की जायेगी विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी पटना में शिविर लगाकर डेंगू की जांच की जा रही है पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी कम होने के बावजूद लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है कई इलाकों में अभी भी पानी लगा हुआ है राजेन्द्र नगर और कंकड़बाग के कुछ हिस्सों के साथ ही गर्दनीबाग सरिस्ताबाद खेमनीचक और दानापुर के कुछ इलाकों में अब भी जल जमाव है पानी सड़ने के कारण इन इलाकों में लोग जल जनित संक्रामक बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं प्रभावित लोगों को भारी जल जमाव के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जल जमाव से परेशान लोग रूपसप्र दीघा नहर रोड को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि वार्ड नम्बर सैंतीस के लोग दस दिनों से जल जमाव झेल रहे हैं वहीं बहादुरपुर में भी लोगों ने जल जमाव को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गंगा प्रनपून महानंदा और बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पन्द्रह जिलों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है हालांकि नदी का पानी उतरने के बाद अब इन क्षेत्रों में महामारी का खतरा उत्पन्न होने लगा है पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है लेकिन नदी का जलस्तर अब भी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से करीब दो मीटर ऊपर बना हुआ है पुनपुन के उफान के कारण पटना जिले के सदर पुनपुन धनरूआ पालीगंज संपतचक और फुलवारीशरीफ प्रखंड की पच्चीस पंचायतों के एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता रामसेवक शर्मा ने बताया कि सकरईचा में जो खतरा बना हुआ था वह पूरी तरह समाप्त हो गया है उन्होंने कहा कि पुनपुन घाट पर नदी का जलस्तर प्रति घंटे छह से सात सेंटीमीटर तक घट रहा है आज नदी के जलस्तर में और भी कमी आने की सम्भावना है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य में बाढ़ से पन्द्रह जिलों के पंचानवे प्रखंडों की चौदह सौ से अधिक गांवों की लगभग इक्कीस लाख की आबादी प्रभावित हुई है

बिहार में बाढ़ का आकलन करने आई केन्द्रीय टीम ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पटना में बारिश के चलते जल जमाव से हये न्कसान की भी भरपाई की जायेगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार के नेतृत्व में आयी छह सदस्यीय टीम ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में सरकार को निर्देश दिया गया कि वह बाढ़ का पानी कम होने पर जिलों से क्षति की रिपोर्ट प्राप्त करे और नुकसान के विवरण के साथ केन्द्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों से नुकसान को लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है

शारदीय नवरात्र के आज अंतिम दिन महानवमी पर देवी दूर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की प्रजा अर्चना हो रही है हिन्द्र धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और प्रजा पंडालों में श्रद्धालु प्रजा अर्चना कर रहे हैं कई जगहों पर सामूहिक कन्या प्रजन का भी आयोजन किया गया मंदिरों में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है शहरी इलाकों में पंडालों का आकर्षण देखते ही बन रहा है विभिन्न जिलों में हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के दर्शन के लिये श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है पंडालों में स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के संदेश भी दिये गये हैं नवरात्रि के मौके पर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में साम्प्रदायिक सौहार्द का नजारा देखने को मिल रहा है मोतिहारी में श्रद्धालुओं के लिये मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक फलाहार और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं कार्यक्रम के आयोजक अब्दुल रहमान ने बताया कि इससे लोगों में आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ रही है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा गंगा नदी में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन पर लगायी गयी रोक के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिये अस्थायी तालाब बनाये गये हैं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि गंगा नदी के किनारे प्रमुख घाटों पर तालाबों की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि पूजा समितियों को इन्हीं तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन करना होगा कटिहार जिले के मनिहारी में बाढ़ के पानी में स्नान के क्रम में ड्रबकर पांच बच्चों की मौत हो गयी मृतकों की उम्र पांच से सात वर्ष के बीच बतायी जाती है पुलिस सूत्रों ने बताया कि मनिहारी अनुमंडल के नारायणपुर पंचायत अंतर्गत पोचाही गांव में यह हादसा हुआ स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी शवों को बरामद कर लिया गया है जिला प्रशासन ने मृतक बच्चों के निकट आश्रितों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है इधर जमुई में बरहट थाना क्षेत्र में ढाला पहाड़ी पर तलाब में स्नान के दौरान एक बच्ची की मौत हो गयी दरभंगा जिले में शराब के नशे में पकड़े गये दो पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है लहेरियासराय थाना के एएसआई उमेश सिंह और बिरौल के एएसआई सतीश कुमार को पिछले दिनों नशे की हालत में पकड़ा गया था जिसके बाद एसएसपी ने दोनों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी एसएसपी की अनुशंसा पर पुलिस आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रदेश में बाढ़ और जल जमाव की स्थिति को लेकर पंद्रह अक्टूबर को होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग की है इस संबंध में पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने बीपीएससी के अधिकारियों से बातचीत कर परीक्षार्थियों के हित में नई तिथि पर परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया बाल विज्ञान कांग्रेस के लिये राज्य स्तरीय स्पर्धा आठ से दस नवम्बर तक मधुबनी जिले में आयोजित की जायेगी इसमें चयनित प्रदेश के तीस बच्चों को केरल में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शामिल होने का अवसर मिलेगा सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ओलहनपुर गांव में बम विस्फोट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गयी पुलिस मामले की जांच कर रही है शेखपुरा जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी वीर कुंवर सिंह ने बिना बताये ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर शेखोपुर सराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है

बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं

बाढ़ से अब तक संतानवे लोगों की मौत

पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़